प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना के उपचार के लिए वैक्सीन दवाओं की खोज निदान और परीक्षण की दिशा में देश के प्रयासों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की है

औषधि विकास में तीन चरणों पर काम हो रहा ह जिसमें मौजूदा दवाओं का पुनः संयोजन नई औषधि पर प्रयोगशाला परीक्षण और सामान्य वायरस रोधी गुणों की जांच के लिए पौध उत्पाद और तत्वों का परीक्षण शामिल है बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शोधकार्य उद्योग और सरकार के समन्वित प्रयासों से कुशल नियामक प्रक्रिया पर विचार किया प्रधानमंत्री ने कहा कि औषध अनुसंधान के लिए जिस नवाचारी ढंग से भारतीय वैज्ञानिक और उद्योग साथ आये हैं वह सराहनीय है

इस वर्ष मार्च में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा घोषित इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को खाद्यान्न और नकद राशि दो जाती है केंद्र और राज्य सरकार लगातार इस कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं और इस काम में डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है

गुह मंत्रालय ने विदेश में फंसे भारतीयों और भारत म फंसे विदेशियों के स्वदेश आगमन और प्रस्थान के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं इसके अनुसार भारत लौटने के लिए रोजगार खोने वाले प्रवासी कामगारों सहित ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी जो किसी मजूबरी के कारण विदेश में हैं वीजा की अवधि समाप्त हो जाने से प्रभावित लोगों तुरंत इलाज की आवश्यकता वालों गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को भी प्राथमिकता दी जायेगी यात्रियों को यात्रा खर्च स्वयं वहन करना होगा

इसके बाद जांच में नेगेटिव पाये जाने पर ही यात्रियों को घर जाने की अनुमति दी जायेगी सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप पर भी पंजीकरण कराना होगा केन्द्र सरकार ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप में कोई डेटा या सुरक्षा उल्लंघन का मामला नहीं पाया गया है एक एथिकल हैकर द्वारा ऐप में संभावित सुरक्षा मुद्दे को लेकर चिंता जताये जाने के बाद सरकार का यह स्पष्टीरण आया है

हैकर के दावे को खारिज करते हुए सरकार ने कहा है कि वह यह साबित नहीं कर सका है कि किसी उपयोगकर्ता की कोई भो निजी जानकारी खतरे में है सरकार ने आगे कहा है कि वह लगातार इस ऐप की जांच कर रही है और इसे अपडेट भी कर रही है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

इसके अतिरिक्त शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा शहीद के नाम पर एक सड़क का नामकरण किये जाने की भी व्यवस्था है

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि रोजगार की सम्भावनाओं को चिन्हित करने के लिए अध्ययन किया जाए मुख्यमंत्री ने उद्यमों को पूरी सतर्कता और सावधानी बरतते हुए संचालित कराने और राजस्व वृद्धि से जुड़े प्रकरणों में तेजी से निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा है कि प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को दुग्ध समितियों से जोड़ते हुए उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाया जा सकता है इसलिए प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में दुग्ध समितियों के गठन के गम्भीरता से प्रयास किए जाएं श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस के ड्राइवर सहित उनमें तैनात अन्य कर्मियों को ग्लव्स और मास्क अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिये नॉन कोविड अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं के संचालन के लिए डॉक्टरों सहित पूरी मेडिकल टीम को संक्रमण से बचाव का प्रशिक्षण देने को भी कहा

उन्होंने बताया कि अब तक एक हजार अस्सी मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं

पूरे प्रदेश में निजी एवं सरकारी लैब में अब तक एक लाख पांच हजार से अधिक कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं

उन्होंने कहा कि नोवल कोरोना विषाणु से फैली वैश्विक महामारी ने कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा के महत्व को पुनः रेखांकित किया है राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रसार सेवाओं के माध्यम से कृषि उत्पादनों के उचित दाम प्राप्त करने हेतु प्लेटफार्म तैयार करने तथा गांव से शहरों की ओर पलायन राकने हेतु समुचित कदम उठा रही है राज्यपाल ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ान हेतु आयुष मंत्रालय द्वारा औषधीय एवं सगंधीय पौधों के उपयोग पर बल दिया

इस अवसर पर राज्यपाल ने एक स्मारिका का ऑनलाइन विमोचन भी किया

उन्होंने कहा कि भारत की पुरातन परंपराएं और आयुर्वेद इस महामारी और अन्य कई बीमारियों के विरूद्व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए हैं मुख्यमंत्री ने कल आय्ष कवच कोविड नामक ऐप शुरू किया आयुष कवच कोविड ऐप को लांच करते वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयुर्वेद में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है जिससे कोरोना जैसी तमाम बीमारियों से शरीर की रक्षा हो सकती है उन्होंने उम्मीद जताई कि इस ऐप का इस्तेमाल करके लोग कोरोना को हराने में कामयाब होंगे आयुष कवच कोविड ऐप से प्राकृतिक चीजों के जरिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उपाय लोगों को आसानी से जानने को मिलेंगे इस ऐप में लोगों को पता चलेगा कि कैसे रसोई घर में मिलने वाली तुलसी दालचीनी और लौंग जैसी अन्य चीजें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में किस तरह से अहम साबित हो सकती हैं इस ऐप के जरिए विशेषज्ञों से सलाह लेने का अवसर भी लोगों को हासिल होगा